प्रदेश में बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या अड़तालीस हजार छः सौ तिरसठ

कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर लोगों से घरों पर ही रहकर त्यौहार मनाने की अपील

श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है यह चौंतीस वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्नीस सौ छियासी का स्थान लेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनलॉक तीन के सम्बंध में प्रदेश शासन की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए उन्होंने कन्टेनमेंट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश दिए लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन की चेन तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क के अनिवार्य उपयोग और आपस में दो गज की दूरी बनाए रखने के सम्बंध में जागरूक किया जाए मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड नाइन्टीन के एक लाख पंद्रह हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए घर घर सर्वेक्षण और कोविड मरीजों के संपर्को का पता लगाने के कार्य को तत्परता से करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हरसम्भव राहत और मदद उपलब्ध करायी जाए उन्होंने राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त नावों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं प्रदेश में बीती रात दस बजे से पचपन घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबन्ध लागू हो गए हैं सोमवार सुबह पांच बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य में सभी सरकारी कार्यालय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी सभी औद्योगिक इकाईयों में उत्पादन जारी रहेगा इस बीच रक्षाबन्धन पर्व के मद्देनजर प्रदेश में कुछ जिलों में प्रशासन ने राखी और मिठाई की दुकानों को खुला रहने की अनुमति दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में दस लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने को एक बड़ी उपलब्धि कहा है नई दिल्ली में कल कोविड पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की उन्नीसवीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमलव पांच चार प्रतिशत है संक्रमित लोगों की संख्या सिर्फ तैंतीस दशमलव दो सात प्रतिशत है उन्होंने कहा कि भारत में संक्रमण से मृत्युदर दो दशमलव एक आठ प्रतिशत रह गई है भारत द्निया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या साढ़े दस लाख पार कर गई है पिछले चौबीस घंटों में सैंतीस हजार दो सौ तेईस रोगी स्वस्थ हुए हैं यह एक दिन में स्वस्थ होने वालों की सबसे अधिक संख्या है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या दस लाख सत्तावन हजार आठ सौ पांच हो गई है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पचपन हजार अठहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई एक दिन में संक्रमण की यह सबसे बडी संख्या है इसके साथ ही कोविड रोगियों की कुल संख्या सोलह लाख अड़तीस हजार आठ सौ सत्तर हो गई है इनमें से पांच लाख पैंतालीस हजार तीन सौ अटठारह रोगियों का उपचार चल रहा है एक दिन में सात सौ उन्यासी लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मृतकों की संख्या पैंतीस हजार सात सौ सैंतालीस हो गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान कोरोना संक्रमण के चार हजार चार सौ तिरपन नए मामले सामने आए हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में मीडिया को बताया कि अब तक अड़तालीस हजार छः सौ तिरसठ रोगियों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या चौंतीस हजार नौ सौ अड़सठ है राज्य में बीमारी से अब तक एक हजार छः सौ तीस लोगों की मृत्यु हुई है उधर एक दिन पूर्व कोविड नाइन्टीन के रिकॉर्ड एक लाख पंद्रह हजार छः सौ अट्ठारह नमूनों की जांच की गयी

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई दी है अपने संदेश में श्री योगी ने कहा कि यह त्यौहार सभी को मिल जुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है उन्होंने कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों से सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए घर पर ही नमाज अदा करने और त्यौहार मनाने की अपील की है मुस्लिम धर्म गुरूओं और उलेमाओं ने भी कोविड नाइन्टीन संक्रमण के मद्देनजर लोगों से ईद उल अजहा का त्यौहार अपने अपने घरों पर ही रह कर मनाने की अपील की है नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिये कहा गया है केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नये विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद तीन तलाक के मामलों में भारी कमी आई है इस कानून के लागू होने के एक साल पूरा होने के मौके पर देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कल कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार ने तीन तलाक को अपराध घोषित किया जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीस से अधिक मुस्लिम देशों ने भी तीन तलाक की प्रथा को नियंत्रित किया था लेकिन भारत में ऐसा करने में बहुत समय लग गया केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम ने देश की मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत घोषित विशेष पैकेज का लाभ कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी मिल रहा है बदायूं जनपद में इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को अनुदान दिया जायेगा जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी

जिला उद्यान अधिकारी मुक्रेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया भारत सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अन्तर्गत नई योजना लोगों को उपलब्ध कराने के लिये प्रारम्भ की गई है

इस योजना का लाभ व्यक्तिगत जद्यमी स्वयं सहायता समूह सहकारी समिति यह समी इसके लाभ प्राप्त कर सकती है जिलाधिकारी कुमार प्रशांत द्वारा जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई में आलू के विप्स पापड़ अचार मिर्च उत्पाद मत्स्य पालन मध्यमक्खी पालन मशरूम उत्पादक डेयरी पशुपालन औषधीय सतावर एलोवेरा पुष्प उत्पादककर्ता कृषकों का चयन कर प्रशिक्षण कराया जाये और जिला स्तर से ही रिसोर्स पर्सन का चयन कर प्रस्ताव निदेशालय उद्यान को भिजवाया जाये मुहम्मद नईम आकाशवाणी समाचार बदायूं प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई पूर्वी अंचल के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और रूक रूक बूंदाबांदी जारी है गोरखपुर सिद्दार्थनगर बलरामपुर बलिया मऊ प्रतापगढ़ पीलीभीत और सम्भल समेत आसपास के इलाकों में कल हल्की से तेज वर्षा हुई मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है उधर लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है बदायूं में गंगा और रामगंगा नदियों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुयी है पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है जिससे नदी के किनारे बसे कई गांवों में सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है सरयू नदी अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदियां भी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं